संचालक स्वास्थ्य सेवाएं नीरज बंसोड़ ने विमागीय अधिकारियों को पत्र जारी कर जिले के दूरस्थ प्राथमिक सामूदायिक और अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं में पदस्थ चिकित्साकर्भियों की ड्यूटी कोविड अस्पतालों और केयर सेंटरों में लगाने को कहा है वहीं स्वास्थ्य विभाग ने कोविड मरीजों के इलाज में नर्सिंग विद्यार्थियों की सेवाएं लेने का निर्णय लिया है इस संबंध में सभी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को परिपत्र जारी कर नर्सिंग कॉलेजों के संचालकों के साथ सॅपर्क कर नर्सिंग के विद्यार्थियों की सेवाएं लेना सुनिश्चित करने को कहा है रायपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए साठ निजी अस्पतालों को अनुमति दी गई है इन अस्पतालों की कार्यशैली निगरानी और शिकायतों के निराकरण के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में बनाए गए ऑक्सीजनयुक्त अस्थायी कोविड अस्पताल का वर्चुअल निरीक्षण किया रायपुर नगर निगम और रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा केवल चार दिनों के भीतर तीन सौ साठ बिस्तरों वाले इस सर्व सुविधायुक्त कोविड अस्पताल का निर्माण किया गया है इधर धमतरी शहर में छात्रावासों और निजी स्कूलों का अधिग्रहण कर उन्हें आइसोलेशन सेंटर बनाया जाएगा जिला कलेक्टर ने आज शहर के छात्रावासों का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया उधर महासमुंद जिले में भी अब सरकारी अस्पतालों के साथ ही सात निजी अस्पतालों में भी कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज होगा

प्रति दस लाख की आबादी पर हर दिन करीब चौदह सौ नमूनों की जांच की जा रही है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक राज्य की कल कोरोना जांच में आरटी पीसीआर जांच की हिस्सेदारी लगातार बढ़ाई जा रही है रायपुर स्थित एम्स और छह अन्य शासकीय मेडिकल कॉलेजों तथा निजी क्षेत्र के पांच लैबों में आरटी पीसीआर जांच की सुविधा उपलब्ध है कोरबा कोरिया महासमुद और कांकेर में भी जल्द ही आरटी पीसीआर जांच की सुविधा शुरू की जाएगी इस बीच सामान्य प्रशासन विभाग ने रेल और हवाई मार्ग से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के कोविड टेस्ट के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं इसके अनुसार ट्रेन और हवाई मार्ग से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों को नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही घर जाने की अनुमति दी जाएगी इसके लिए आगमन से बहत्तर घंटे के भीतर कराए गए आरटी पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है विभाग की ओर से राज्य के सभी संभाग आयुक्तों पुलिस महानिरीक्षकों कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी कर इन दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है वहीं ओडिशा की ओर जाने वाली ट्रेनों के यात्रियों के लिए भी आरटी पीसीआर की नेगेटिव जांच रिपोर्ट या कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है लॉकडाउन दूर्ग जिले में लॉकडाउन की अवधि और पांच दिनों के लिए बढ़ा दी गई है जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने बताया कि छह अप्रैल से लागू लॉकडाउन संक्रमण की दर को रोकने में प्रभावी साबित हुआ है इसे देखते हुए अब जिले में चौदह के बजाए उन्नीस अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा

वहीं जांजगीर चांपा जिले में भी आज शाम से लॉकडाउन लागू हो गया है तेईस अप्रैल तक चलने वाले इस लॉकडाउन के दौरान जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी जांजगीर में आज शाम जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व मे फ्लैग मार्च निकाला गया इधर गरियाबंद जिले में भी आज से दस दिनों का लॉकडाउन शुरू हो गया है इस दौरान शासकीय कार्यालय बैंक और धार्भिक स्थलों के साथ सभी तरह की व्यावसायिक गॅतिविधियां पूरी तरह बंद रहेगी वहीं सरगुजा और सूरजपुर जिले में भी आज से लॉकडाउन लागू हो गया है इसी तरह बिलासपुर बलरामपुर और महासमुद जिले में कल से लॉकडाउन लगाया जाएगा महासमुद नगर में लॉकडाउन को प्रभावी तरीके से लागू करने के आज शाम फ्लैग मार्च निकाला गया वहीं कबीरधाम जिले में आज से रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया जा रहा है जिला कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा के अनुसार कर्फ्यू के दौरान रात साढ़े आठ बजे से सुबह सात बजे तक आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर आम जनता की आवाजाही पर रोक रहेगी उधर सुकमा जिले में भी अब सुबह सात बजे से दोपहर बारह बजे तक ही दुकानें खुलेंगी जबकि रेस्टॉरेंट और ढाबा से रात दस बजे तक पार्सल सुविधा दी जाएगी वहीं कांकेर जिले में दुकानों के बंद होने के समय में बदलाव किया गया है जिले में कल से दुकानें सुबह छह से शाम छह बजे तक खुलेंगी

विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सामाजिक संगठनों के प्रमुखों को इस बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बंघेल वर्चुअल रूप से बैठक में भाग लेंगे इस बीच राज्य में कल कोविड के तेरह हजार पांच सौ तिहत्तर नये रोगियों की पुष्टि की गई

इस बीच राज्य में कोरोना संक्रमण के चलते स्कूलों के बंद होने के कारण राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि सभी स्कूली बच्चों को मध्याह भोजन योजना के तहत चालीस दिनों का सूखा अनाज दिया जाएगा विकल्प शुक्ला आकाशवाणी समाचार रायपुर

उनका इलाज नई दिल्ली के एम्स में चल रहा है सुश्री पांडेय ने सोशल मीडिया के माध्यम से खूद को कोरोना संक्रमण होने की जानकारी दी और उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील की है बिलासपुर के आईजी रतनलाल डांगी की भी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव आई है उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी दी है वहीं तमिलनाडु सहित दूसरे राज्यों में चुनाव कार्यक्रम संपन्न कराने के बाद छत्तीसगढ़ लौटे आर्म्स फोर्स के एक सौ पचहत्तर जवानों में से सत्ताईस ँ जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं इन जवानों को कोविड अस्पतालों में भर्ती कराया गया है जवानों का यह दल कल ट्रेन से बिलासपुर पहंचा रेलवे स्टेशन पर की गई एंटीजन जांच में इनके पॉजीटिव होने की पृष्टि हई इस बीच छत्तीसगढ़ की जानी मानी भरथरी गायिका लक्ष्मी कंचन का आज दोपहर बिलासपुर में कोरोना संक्रमण से निधन हो गया भाजपा राज्यपाल भेंट भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर कोरोना संक्रमण से निपटने में लापरवाही बरतने और दवाओं की कालाबाजारी पर रोक लगाने में असफल रहने का आरोप लगाया है इस सिलसिले में भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राजभवन जाकर राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की अग्वाई में गए इस प्रतिनिधिमंडल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और सांसद सुनील सोनी के साथ विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल तथा अजय चंद्राकर भी शामिल थे भाजपा नेताओं ने राज्यपाल से चर्चा करते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार केन्द्र की ओर से भेजे गए वेंटीलेटर का इस्तेमाल नहीं कर रही है साथ ही उन्होंने केन्द्र की ओर से राज्य में भेजे गए वेंटीलेटर के खराब होने की मामले की जांच कराने की भी मांग की भाजपा नेताओं ने प्रदेश में वेंटीलेटर और ऑक्सीजन वाले बिस्तरों की संख्या सार्वजनिक करने को कहा राज्यपाल को सौंपे अपने ज्ञापन में भाजपा नेताओं ने स्वास्थ्य विमाग के रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने के साथ ही शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी आरटी पीसीआर जांच की सुविधा बढ़ाने की मांग की है यह भी मांग की गई है कि गरीब परिवारों को लॉकडाउन अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा राशन उपलब्ध कराया जाए

विशेष टीकाकरण अभियान के दूसरे दिन कल देशभर में चालीस लाख अधिक टीके लगाए गए सबसे बड़े और तेज टीकाकरण कार्यक्रम के शुरू होने के सतासीवें दिन देश से में टीकाकरण केन्द्रों की कल संख्या में भी काफी बढोत्तरी हई है और यह पैंतालीस हजार से बढकर इकहत्तर हजार हो गई है यानी एक ही दिन में इसमें छबीस हजार से अधिक की वृद्धि हुई है कार्यस्थलों पर बनाये गये कोविड टीकाकरण केन्द्रों में भी बड़ी संख्या में लोग टीके लगवा रहे हैं अब तक देशभर में दस करोड़ पचयासी लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना टीकाकरण अभियान जोरशोर से जारी है अब तक राज्य में चवालीस लाख तिहत्तर हजार से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं राज्य के चार लाख इकतीस हजार से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है इनमें करीब एक लाख छियानवे हजार स्वास्थ्यकर्मी एक लाख चालीस हजार फ्रंटलाइन वर्कर्स और पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के चौरानवे हजार से ज्यादा लोग शामिल हैं कोरोना टीकाकरण की राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने बताया कि राज्य में पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु वर्ग के अंठावन लाख छियासठ हजार से अधिक लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है रेमडेसिविर इंजेक्शन राज्य में रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति निरंतर जारी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश के विभिन्न जिलों के अस्पतालों में जरूरत के अनुसार इंजेक्शन की आपूर्ति की जा रही है कल राज्य को मिले नौ हजार एक सौ रेमडेसिविर इंजेक्शन का अस्पतालों में वितरण कर दिया गया है बताया जाता है कि राज्य को आगे भी निरंतर इंजेक्शन की आपूर्ति की जाएगी कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में दी जाने वाली दवाइयों और इंजेक्शन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने दो वरिष्ठ अधिकारियों को मुंबई और हैदराबाद में तैनात कर रखा है

मास्क पहनने हाथ साफ रखने सुरक्षित दूरी बनाए रखने जैसे कोविड उपयुक्त आचरण का पूरी तरह पालन न होने के कारण कई राज्यों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है सही जानकारी होने से ही इस महामारी से लड़ा जा सकता है लोगों को संक्रमण या लक्षणों के बारे में सही जानकारी और सहायता देने को लिए सरकार ने कई सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं कोविड नाइंटीन से जुड़ी जानकारी और आपात स्थिति में चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के लिए चौबीस घंटे चलने वाला राष्ट्रीय हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर एक शुन्य सात पांच सेवा है तेज बूखार सूखी खांसी तथा सांस लेने में तकलीफ होने पर लोगों को तुरंत डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए महामारी की रोकथाम में आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है आरोग्य सेतु आईवीआरएस एक नौ दो एक भी देशभर में उपलब्ध है और यह टोल फ्री सेवा है यह सेवा ग्यारह क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है

उन्होंने कोरोना संकट की इस घड़ी में दान देकर जरूरतमंदों की सहायता में सहभागी बनने को कहा है

हालांकि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस बार अनेक जिलों में लॉकडाउन लगा हुआ है इस कारण मंदिरों में दर्शनार्थियों के प्रवेश की मनाही है और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है जगदलपुर के मां दंतेश्वरी मंदिर और मां छिंदवाली माता मंदिर के द्वार श्रद्दालुओं के लिए बंद रहेंगे वहीं बिलासपुर स्थित रतनपुर के महामाया मंदिर में भी नवरात्र के दौरान मंदिर के भीतर ही सभी तरह के धार्मिक अनुष्ठानं संपन्न किए जाएंगे इस अवधि में श्रद्धालुओं के लिए मंदिर आने पर रोक रहेगी हालांकि मंदिर प्रशासन की ओर से माता का लाइव दर्शन सोशल मीडिया के माध्यम से सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक कराने की व्यवस्था की गई है इसी तरह कबीरधाम जिले के मंदिरों में भी नवरात्र के दौरान पुजारी को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और गृह मंत्री ताम्रध्वज साह ने चैत्र नवरात्र बैसाखी गुड़ी पड़वा चेट्रीचंड और नव संवत्सर पर प्रदेशवासियों को बधाई और श्रभकामनाए दी हैं उन्होंने लोगों से घरों में रहकर ही त्यौहार मनाने और कोरोना से बचाव के उपायों का पालन करने की अपील की है दूसरी ओर रमजान का पवित्र महिना कल से शुरू हो रहा है दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैय्यद अहमद बुखारी और हिलाल कमेटी ने कल शाम इसकी घोषणा की

मौसम मौसम विमाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी और मध्य भाग में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि होने की चेतावनी दी है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के मुताबिक ओडिशा के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है इसके असर से कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के असर से भी राज्य के मौसम में बदलाव के आसार हैं संक्षिप्त समाचार राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बघाई और शुभकामनाए दी हैं अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पवित्र रमजान माह के शुभारंभ के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है रायपुर जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मापदंडो के आधार पर तीन महीनों के लिए डेंटल सर्जन और आयुष चिकित्सा अधिकारी के पचहत्तर पदों पर संविदा भर्ती की जाएगी महासमुंद जिले के बागबाहरा के पास बीती रात ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार दो लोगों की मौत हो गई दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों को जनप्रतिनिधियों द्वारा सहायता उपलब्ध कराने के नाम पर फर्जीवाड़े के मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है धमतरी के बोराई थाना क्षेत्र से पुलिस ने चोरी की सत्रह मोटरसाइकिलों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है यह आरोपी कोंडागांव के साप्ताहिक हाट बाजारों से मोटरसाइकिलों की चोरी करता था